अपने संबोधन में श्री मैन ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हए कहा की संबंद्व मुद्दे को पारदर्शी तरीके से चर्चा करने और बड़ा मंच प्रदान करने के लिए सरकार ने यह परमर्शी बैठक ब्लाई है उन्होंने कहा कि संबंद्व समिति सिफारिश करने वाले समिति नही है बल्कि इस बैठक में सदस्यों द्वारा जो भी विचार व्यक्त किए जाएंगे उनकेविचार को म्ख्य मंत्री तक पहचाना इसका उद्देश्य है बैठक में भाग लेते हए अखिल भारतीय अरुणाचल छात्र संघ आपस् के अध्यक्ष हवा बागांग ने मोन स्वायत्त परिषद और पटकाई स्वायत्त परिषद की गठन मुद्दे पर कहा कि छात्र संघ स्वायत्त परिषद गठन के खिलाफ है वे राज्य के इंडिजिनियस लोगो के संवैधानिक स्रक्षा अधिकार के लिए बैठक में बोले वही प्रदेश इंडिजिनियस ट्राइब्स फॉरम ए आई ती एफ ने स्वायत्त परिषद के गठन के म्द्दे पर कहा की अरुणाचल प्रदेश में कोई विभाजन नही होना चाहिए बैठक में वांगसू परिषद ने पटकाई ओटोनोमस काउनसिल और मोनपा मिमांग शोकपा एम एम ती ने मोन ओटोनोमस काउनसिल के गठन का सर्मथन किया

इसके साथ ही अब प्रदेश में दो हजार नौ सौ पचास कोविड मामले हो गए है पचहत्तर नए कोविड मामलों में राजधानी क्षेत्र ईटानगर से सोलह मामले वेस्ट कामेंग से नौं पाप्म पारे से छ लोवर सियांग और तिराप से पांच पांच मामले अपर स्बनसिरि चांगलांग और लोहित से तीन तीन लेपारादा वेस्ट सियांग इस्ट कामेंग तावांग लोंगडिंग से दो दो मामले और अपर सियांग लोवर स्बनसिरि और दिवांग वैली से एक एक मामले सामने आए है कल तिहत्तर मरीजो को डिचार्ज कर दिया गया राज्य में अब नौ सौ तेइस कोविड सक्रिय मामले है अब तक दो हजार बाइस मरीजो को डिचार्ज कर दिया गया है और पांच की मृत्यु हो चुकी है

ये अपना नाम रोशन करने के साथ ही अलग म्काम बनाते हैं श्री मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को लिखे एक पत्र में क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की धोनी ने पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने धोनी को सर्वाधिक सफल कप्तानों में से एक करार दिया और उन्हें विश्व क्रिकेट में भारत को शीर्ष पर ले जाने का माध्यम बताया प्रधानमंत्री ने कहा कि धोनी केवल अपने जीवन में रिकॉर्ड बनाने और विशेष मैच जीतने के लिए ही नहीं याद रखे जाएंगे उन्होंने कहा कि धोनी ने अपने जीवन की श्रुआत एक छोटे कस्बे से की और द्रनिया पर छा गए तथा नाम कमाया प्रधानमंत्री ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को गौरवान्वित किया श्री मोदी ने कहा कि म्श्किल घड़ी में धोनी पर निर्भर रहा जा सकता है

श्री मोदी ने कहा कि मैदान पर बिताए गए धोनी के कई क्षण पीढ़ियों तक उदाहरण बने रहेंगे भारतीयों की यह पीढ़ी जोखिम उठाने से नहीं हिचकती और म्श्किल घड़ी में भी एक दूसरे की क्षमता पर भरोसा करती है

भारत संचार निगम लिमिटेड ने वहां एक नेटवर्क टॉवर स्थापित किया है जो अब कार्यशील हो गया है

इंदौर ने यह प्रस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त किया है शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह प्री ने ये प्रस्कार प्रदान किए गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का प्रस्कार मिला नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के लिए प्रस्कृत किया गया